प्रभावित किसानों को प्रति परिवार तीन तीन हजार रुपये दिये जायेंगे

और चक्रवाती दबाव के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश

राज्य सरकार ने अठारह जिलों के एक सौ दो प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया है इन प्रखंडों के किसानों को तत्काल सहायता के रूप में प्रति परिवार तीन तीन हजार रुपये नकद सहायता राशि दी जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया राज्य के आठ सौ छियानवे पंचायतों में बहुत कम बारिश के कारण खरीफ फसल की सत्तर प्रतिशत क्षेत्र से भी कम में बुआई या रोपनी हुई है किसानों की मदद के लिए आकस्मिक निधि से आपदा प्रबंधन विभाग को नौ सौ करोड़ रुपयों की अग्रिम निकासी की मंजूरी दी गयी है भोजपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में राजद विधायक अरुण यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि विधायक की गिरफ्तारी के लिए भोजपुर और पटना स्थित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है यह मामला सामने आने के बाद से विधायक भूमिगत है पिछले दिनों भोजपुर और पटना पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पटना स्थित विधायक के सरकारी आवास पर दबिश दी थी इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के तीन अंगरक्षकों को वापस ले लिया है उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों में ढील देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की केन्द्र सरकार की याचिका को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया है न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने आदेश दिया कि यह मामला सुनवाई के लिए अगले सप्ताह तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाये मई में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि देश में कानून समान होने के साथ किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए केन्द्र सरकार ने कहा था कि न्यायालय का मार्च दो हजार अठारह का फैसला समस्या उत्पन्न करने वाला है और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए इस फैसले का देशभर के विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने विरोध किया था उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्दी से जल्दी फैसला किया जाना चाहिए न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्व बोस की पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अभी यह नहीं जानता की इस मुद्दे पर उसे या उच्च न्यायालय को फैसला लेना चाहिए पीठ ने कहा कि वह इस मामले के गुण दोष में नहीं जायेगी और सिर्फ फेसबुक की याचिका पर फैसला देगी बांग्लादेश की जेल में ग्यारह साल कैद में रहने के बाद दरभंगा जिले के हायाघाट के मनोरथा गांव निवासी सतीश चौधरी की स्वदेश वापसी हो गयी है आज रात पटना पहुंचने के बाद वे कल अपने गांव पहुंचेंगे मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार सतीश गलती से सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंच गया था श्री दफ्तुआर ने बताया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण मामला उजागर होने के बावजूद उसकी रिहाई में इतना विलंब हुआ है यह मामला वर्ष दो हजार बारह में ही उसके परिजनों ने उठाया था

उसके साथ मौजूद मानवाधिकार कार्यकर्ता ने बताया कि वह अपने परिजनों को पहचान रहा है

पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा होगा साथ ही बैंक बिजली विभाग और बीएसएन एल के बिल से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जायेगा बीएसएनएल ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं को फोन का बकाये बिल का नोटिस मिला है वे कल लोक अदालत में पहुंचकर पचास प्रतिशत छूट के साथ मामले का निपटारा करवा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह सत्तावनवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई जीओवी ओपन फोरम या नमोऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है इसके अलावा टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी हिन्दी और अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराये जा सकते हैं यह फोनलाइन छब्बीस सितम्बर तक खुली रहेगी लोग एक नौ दो दो पर भी मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एस एम एस लिंक प्राप्त करने के बाद सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं प्रदेश में चक्रवाती दवाब क्षेत्र के कारण पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर तेज बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर बारिश सुपौल जिले के निर्मली में रिकॉर्ड की गयी वहीं किशनगंज जिले के कई स्थानों पर छह सेंटीमीटर जबकि मधुबनी जिले के फुलपरास में पांच सेंटीमीटर बारिश हुई है पटना में भी आज सुबह और शाम हुई तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना गया भागलपुर और पूर्णियां में बादल छाये रहने और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के बुजुर्गद्वार गांव में वज्रपात की घटना में पन्द्रह वर्षीय एक किशोर की मौत हो गयी वहीं एक अन्य घटना में जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर गांव में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गयी पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज रोड पर स्थित एक निजी बैंक से चार की संख्या में आये अपराधियों ने लगभग ग्यारह लाख रुपये लूट लिये पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि हथियार के बल पर बैंककर्मियों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया गया उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से अपराधियों की पहचान कर ली गयी है और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जायेगी इधर वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के चिन्नापुर गांव से अपराधियों ने एक फाइनांस कंपनी के कार्यालय से एक लाख नवासी हजार रूपये लूट लिये मुंगेर जिले के लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के सतघरवा जंगल में नक्सलियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी मृतक भाजपा के नेता बताये जाते हैं इधर नवादा जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रूस्तमपुर गांव में अपराधियों ने एक ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने भूमि विवाद को हत्या का कारण बताया है पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया सदर अस्पताल में एक डॉक्टर की प्रलिस द्वारा पिटाई के विरोध में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गये हैं

वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव के पास बिजली के खंभे से एक स्कूल बस के टकरा जाने से पांच बच्चे घायल हो गये

प्रभावित किसानों को प्रति परिवार तीन तीन हजार रुपये दिये जायेंगे

और चक्रवाती दबाव के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश